राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले मूल निवासियों के लिए जारी किए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद दिन और रात के तापमान में दर्ज की गई गिरावट

पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यह तीसरा संवाद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा की थी लॉकडाउन के समाप्त होने के मात्र एक सप्ताह पहले हो रही मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी बैठक कई पहलुओं से महत्वपूर्ण मानी जा रही है

इस बीच बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में संक्रमित पाये गए सभी व्यक्ति अब संक्रमण मक्त हो चुके है

जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि शहर में कोरोना के मामले कछ विशेष स्थानों तक ही सीमित हैं नये क्षेत्रों में पाए गए संक्रमित लोग वो है जो किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में किसी कारणवश आये जिला कलेक्टर ने हर जरूरतमंद को तैयार भोजन या सूखी राशन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई इस सुविधा का दुरूपयोग करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये उन्होंने मुहाना मंण्डी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए पुलिस जाब्ता तैनात करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने अपने आवास से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए यह बात कही

लॉकडाउन की अवधि में नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश में एक लाख सात हजार से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि सीमा वाले जिलों में चैकपोस्ट बनाए जाएंगे जहां सभी आगन्तकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रत्येक पटवारी अपने पटवार हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसे किसी व्यक्ति के गांव वापस लौटने की सुचना मिलती है तो वह तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी को इसकी जानकारी देगा इस काम में बीएलओ पटवारी की सहायता करेगें शहरी क्षेत्र के लिए भी यही व्यवस्था होगी कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो इसकी सुचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी

उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाए ताकि उसे प्रशासन के क्वारेंटीन सेंटर में रखा जा सके

जिसमें जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयर्वेद संस्थान के निदेशक प्रो संजीव शर्मा भी शामिल है प्रो शर्मा कोरोना के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य है

इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

जयपुर और अजमेर में देर शाम कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हई सीकर में कई स्थानों पर ओले गिरने तथा तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने के भी समाचार मिले है बारां जिले में कर देर रात हल्की बुंदा बांदी हई